भारत ने पाकिस्तान द्वारा अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर व्यक्त की चिंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे चरण में लिया हिस्सा प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर हुआ विचार विमर्श प्रदेश भर में कल से पल्स पोलियो अभियान की हई शुरूआत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता ड्यूटी के दौरान शहीद एक सौ बाईस सैनिकों के परिवार के लिए सूरत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि यदि उसने नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कराई तो भारतीय सेना तैयार है और वह घुसपैठियों को वापस नहीं जाने देगी

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है जबकि पाकिस्तान में सिखों बौद्वों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन जारी है रक्षामंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित थे हैं और रहेंगे उन्होंने कहा कि भारत लोगों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं बांटता उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाए जाने के भारत के फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भारत ने पाकिस्तानी बलों द्वारा संघर्ष विराम के बार बार अकारण उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है इस प्रकार की घटनाओं में सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ को सहायता दी गयी और पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों और सीमावर्ती चौकियों को निशाना बनाया गया सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष पाकिस्तान ने दो हजार पचास बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जिसमें इक्कीस भारतीयों को जान गंवानी पड़ी प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तान से लगातार कहता रहा है कि वह दो हजार तीन के संघर्ष विराम समझौते का पालन करे और नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखे प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सुरक्षा बल अत्यधिक संयम का परिचय देते हुए संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब देते हैं तथा सीमापार से आतंकवादियों की घ्सपैठ के प्रयासों को विफल करते हैं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल पृणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के परिसर में ऐतिहासिक जयकर बंगले का उदघाटन किया वर्ष उन्नीस सौ पैंतालिस में निर्मित इस बंगले का पुनरूद्वार तीन करोड़ रूपये की लागत से किया गया है उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक भवन पुणे के गौरव का हिस्सा है और इससे फिल्म अनुसंधानकर्ताओं को बहुत लाभ होगा फिल्म आरकाइवस् ने जयकर बंगलौ को दो साल की मेहनत से अच्छा बनाया और इसका मैने उद्घाटन किया है इसमें फिल्मों के बारे में जितना डिजिटाइजेशन हुआ है वो सारा डिजिटाइस फिल्म यहां डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ कर देख सकते हैं

यह दौड़ गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की गई है इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दौड़ में हिस्सा ले रहे लोग इस बात का प्रतीक है कि लोग न केवल जल के महत्व को समझते है बल्कि इस महत्वपूर्ण प्राकृ तिक संसाधन के संरक्षण के प्रति सजग भी हैं नमानि गंगे परियोजना जो पतित पावनी मां गंगा की शुविता और निर्मलता के लिए अनवरत प्रयास कर रही है और लस्प लेकर की भारत की उस महान नदी की अविरलता और सस्टेनेवल बने केवल सरकार की जिम्मेदारी से संभव नहीं है जब तक की समाज प्ररा साथ न जुटे दूरदर्शन कल अपना साठवां स्थापना दिवस मनाया कल ही के दिन उन्नीस सौ उन्सठ में दूरदर्शन की दिल्ली से शुरूआत हुई थी इस समय भारत की नबे प्रतिशत से अधिक आबादी तक दुरदर्शन के कार्यक्रमों की पहंच है एक ट्वीट में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपति ने कहा कि यह दिन सिर्फ ये याद करने का नहीं है कि दूरदर्शन की स्थापना के कितने दिन हो चुके हैं बल्कि यह देखने का है कि यह नए दर्शकों के लिए नया कलेवर लेकर आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश के मंत्रियों के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मंथन दो में भाग लिया मुख्यमंत्री ने आई आई एम के साथ आयोजित किये गये इस कार्यक्रम को सार्थक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के विकास और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क को आगे बढ़ाने की प्रणाली पर प्रकाश डाला गया उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंथन के इस दूसरे चरण में प्रदेश के विकास के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिये कौन से कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाने हैं इस पर विचार विमर्श किया गया कार्यक्रम के दौरान कार्यशाला में कई सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को बेहतर विजन एवं कार्यशैली विकसित करने और निर्णयों को क्शल प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर उतारने का पाठ भी पढ़ाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ जिले के इगलास में एक हजार एक सौ पैंतीस करोड़ से अधिक की लागत की तीन सौ पचपन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना और डिफॅस कॉरिडोर के माध्यम से ज़िले के उद्योग धंघों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के ब्लॉक लोया में महाराजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की भी घोषणा की उधर फिरोजाबाद के टुंडला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन सौ इक्यान्नवे करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले एक सौ दिन में अहम फैसले लिए हैं बस्ती के सांसद हरीश ट्विवेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि केन्द्र के फैसलों से जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है

प्रदेश भर में कल पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गयी लखनऊ कानपुर मैनपुरी जौनपुर वाराणसी गोरखपुर प्रतापगढ़ और अयोध्या सहित विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी गयी अभियान के तहत सोलह से बीस सितम्बर तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी इस दौरान जिन बच्चों को दवा की खुराक नहीं मिल पायेगी उन्हें तेईस सितम्बर को दवा पिलाई जायेगी संभल जिले के बहजोई नगर पालिका परिसर में ज़िलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बच्चों को पोलियो की ड्राप पिलायी अमरोहा ज़िले में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गयी इस अभियान के तहत तीन लाख पच्चीस हजार दो सौ पैसठ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है मऊ जिले में चार लाख तैंतालीस हजार बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के लिये एक हजार से अधिक बूथ बनाये गये साथ ही चौसठ मोबाइल टीमें और पैंतालीस ट्रांजिट टीमें भी बनायी गयी हैं

मौके पर पहुंचे पी ए सी के गोताखोरों ने तीन युवकों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया बाकी डूबे तीन युवकों की तलाश की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वाले युवकों के परिजनों को दो दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है